कोरोना संकमण के खतरे को देखते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रांची में सप्ताह में तीन दिन कारोबार बंद रखने का लिया फैसला हजारीबाग में पिछले एक सप्ताह से जारी लॉकडाउन आज समाप्त हो जायेगा

आज जामताड़ा में तीन कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संकमितों की संख्या पांच हजार सात सौ अस्सी पहंची

जामताडा जिले के कृंडहित प्रखंड मुख्यालय के बाघाशोला मोहल्ले में आज एक और मात आश्रम मोहल्ले के दो पिता पुत्री के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है

पहले मां और फिर उनकी अर्थी को कंधा देने वाले पांच बेटों की एक के बाद एक मौत हो गई क्छ ही दिनों के भीतर इस परिवार के छठे सदस्य की मौत हो गई मुतक महिला के एक और बेटे के अलावा परिवार के कई अन्य सदस्यों की भी तबीयत खराब बताई जा रही है दिल्ली से शादी समारोह में शरीक होने धनबाद आई महिला से पुरा परिवार संक्रमित हुआ था वहीं पलाम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए उपायुक्त शशि रंजन ने आज समाहरणालय के ब्लॉक ए स्थित विमिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का निरीक्षण किया

इसके साथ ही अब शुक्रवारशनिवार और रविवार को दुकाने बंद रहेंगी

हजारीबाग में जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए एक सप्ताह के लॉक डाउन का समय आज समाप्त हो रहा है हालांकि प्रशासन ने इसे आगे बढाने की सुचना अब तक नहीं दी है इधर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिले के लोग चिंतित हैं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते रहने के कारण जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है अब प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा वैसे कोरोना संक्रमित जिनकी स्थिति गंभीर होगी उन्हें ही हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया जाएगा जिला प्रशासन ने जांच की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है साथ ही कंटेनमेंट जोन में लोगों की सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है शहर में आधा दर्जन से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं राज्य के बाहर से पलाम आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा उपायुक्त शशि रंजन ने अन्तर्राज्यीय सीमा पर तैनात सभी मजिस्ट्रेट को झारखंड राज्य के बाहर से आने वाले लोगों से उनके गंतव्य स्थान का पता नोट करने एवं बाहरी व्यक्ति किस राज्य के किस जिले से आ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रजिस्टर में संधारित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वह अपने प्रखंड में आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्तियों को संबंधित जांच केंद्र में उनकी कोरोना जांच कराएंगे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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए सिरे से किसानों की पहचान की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें पीएम किसान योजना से जोडने का निर्देश दिया श्री सोरेन ने आज धान उत्पादन और बाजार अभिगम्यता और सुलमता के लिए सहायता नामक योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया उन्होंने कहा कि निबंधन का कार्य जल्द पूरा करने से पंद्रह अगस्त तक सभी छूटे किसानों के खाते में योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दी जा सके उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लघु सीमांत एवं प्रवासी श्रमिकों को भी योजना से जोड़ने को कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नव निर्वाचित राज्य सभा सदस्य दीपक प्रकाश और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिब्र सोरेन कल संसद भवन में शपथ ग्रहण करेंगे श्री प्रकाश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे गढवा शहर से सटे पीपरा कला में एक निर्माणाधीन मकान के सैप्टिक टैंक में काम कर रहे तीन मजदूरों की दम घटने से मौत हो गई

लोगों ने मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपये मुआवजे की राशि की मांग की पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोत्रे और एसडीपीओ बहामन ट्टी ने आकोशित लोगों को समझाकर जाम हटवाया आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसान मी आगे आ रहे हैं

श्री महतो को इस वर्ष अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है खुंटी प्रखंड कार्यालय परिसर में साइकिल वितरण नहीं होने के कारण लाखों की साईकिल एंव उसके पार्ट्स कबाड में बदल गये है हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग पांच वर्ष पूर्व जिले में स्कली छात्राओं के बीच साईकिल वितरण करने के लिए तत्कालीन एजेंसी द्वारा साईकिल लाया गया था साईकिल वितरण करने के बाद जो बच गया उसे एजेंसी द्वारा उसी भवन में रख दिया गया था प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी कर्ण प्रसाद ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चो को अब साइकिल नहीं बल्कि सीधे उनके खाते में साईकिल की लागत मेज दी जाती है

द्मका जिले के प्रिकारीपाड़ा में आज सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से लगातार हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो चूकी है रांची एनएसयुआई की रांची भााखा द्वारा आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविघालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया जिसकी अध्यक्षता झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अनिकेत राज और प्रदेश सचिव अभिजीत सिंह ने की पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो ओलीडीह थाना क्षेत्र के शिव मंदिर रोड में पूलिस जीप पर आज अपराधियों ने तलवार से हमला कर दिया ओलीडीह थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ